टिहरी जिले में अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशी गांव गांव जाकर अपने पक्ष में जनता से वोट मांग रहे हैं भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने जाखणीधार के नंद गांव बड़कोट पीपलडाली और घनसाली के घोंटी पिलखी घनसाली बाजार घुत्तू प्रतापनगर के सुनहरी गाड धारकोट आदि क्षत्रों में जनसंपर्क किया उधर कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने शनिवार को टिहरी जिले के धौंतरी लम्बगांव माजफ काण्डाखाल धारकोट रजाखेत प्रतापनगर क्षेत्र मं चुनावी सभाओं को संबोधित किया अपनी चुनावी सभाओं में उन्होंने कोन्द्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा उन्होंने लोगों से कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की

इसके लिए राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि पहली अप्रैल को पार्टी के केंद्रीय नेता राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ कोटद्वार गोपेश्वर और झबरेड़ा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे तीन अप्रैल को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उत्तरकाशी में जनसभा को संबोधित करेंगे उसी दिन पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता शहनवाज हसैन देहरादून और हरिद्वार जनपद में सभाओं को सबोधित करेंगे चार अप्रैल को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशीपुर और रूड़की में सभाएं करेंगे पांच अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे उधर कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा आयोजित की जाने वाली है प्रदेश कांग्रेस के अनुसार राज्य में लोकसभा की पांच सीटों के लिए पार्टी अपने सभी स्टार प्रचारकों की जनसभाएं कराएगी जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हैं स्लग दून वोटर एक्सप्रेस प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता को मतदान से पहले वोटर स्लिप वितरित की जायेगी शनिवार को उन्होंने देहरादून से पांच मतदाता जागरूकता रथ दून वोटर एक्सप्रेस को इंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर उन्होंने बताया कि आयोग के नवीनतम निर्देशानुसार वोटर स्लिप मतदान के समय मतदाता के पहचान के रूप में मान्य नहीं होगी

इनमें पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेन्स राज्य और केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र बैकों और डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक पैन कार्ड एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज आधार कार्ड सांसदों विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं उन्होंने बताया कि मतदाताओं को प्रलोभन में आये बिना वोट डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है सभी जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जायेगा

इस अवसर पर वोट दून वोट अभियान गीत भी लॉन्च किया गया स्लग कार्यशाला पौड़ी पौड़ी के जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को कहा कि मतदान दिवस के दिन कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएगा माइक्रो ऑब्जर्वर की एक दिवसीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग की निगरानी सीधे तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारियों समेत अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए नामित अधिकारियों के ऊपर होगी निर्वाचन आयोग की ओर से पी डी एम एस यानि पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम और एल टी एस यानि लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम साफ्टवेयर के माध्यम से अधिकारियों की मौके पर ही निगरानी हो सकेगी इसके अलावा ईवीएम मशीन को मतदेय स्थल के अलावा कहां कहां ले जाया गया है इसकी भी पूरी निगरानी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही है उन्होंने कहा कि मतदान में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए कार्मिक ही जिम्मेदार होगा कार्यशाला में मास्टर ट्रेनरों ने माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदान के दौरान उनके कार्यों और अधिकारी क्षेत्रों की विस्तार से जानकारियां दी

यही पर जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों की मतगणना का कार्य भी किया जाएगा भारत निर्वाचन अयोग के प्रेक्षक डा ई रमेश कुमार ने शनिवार को स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्धारित सीलिंग रूम स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना कक्षों के लिए तैयार किये गए नक्शे की बारीकी से जांच भी की

नोडल अधिकारी ने बताया कि डेढ़ सौ डेढ़ सौ के अलग अलग बैचों में पोलिंग पार्टियों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है यह दूसरे चरण की ट्रेनिंग थी

उसके बाद पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थलों की ओर रवाना किया जाएगा

इस बार के चुनाव में न सिर्फ शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि मतदाताओं की शिकायतों को भी सुना जा रहा है बागेश्वर जिले में भी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किये जा रहे हैं जिले के दुर्गम इलाकों में भी स्वीप की टीम ग्रामीणों को वोट का महत्व बता रही है पोलिंग बूथों स्कूलों के साथ ही पिंडर घाटी के दुर्गम क्षेत्रों में स्वीप की टीम चौपाल लगाकर ग्रामीणों को शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित कर रही है

इसके जरिए आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऑल इंडिया वेदर वॉर्निंग बुलेटिन के अनुसार अगले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना है मौसम को देखते हुए पोलिंग पार्टियों और चुनाव ड्यूटी पर लगे कार्मिकों के लिए मतदेय स्थलों पर पर्याप्त व्यवस्था होना आवश्यक है उन्होंने अधिकारियों को ठंडे पानी पानी के टैंकरों टैंट पंखे और कूलरों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं स्लग बीडी पांडेय व्याख्यान पंजाब और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे स्वर्गीय बीडी पांडेय की स्मृति में अल्मोड़ा के सेवा निधि संस्थान में व्याख्यान आयोजित किया गया मुख्य व्याख्याता के तौर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त और पद्म भूषण से सम्मानित इतिहासकार व लेखक रामचंद्र गुहा ने दस कारण जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अब भी प्रासंगिक बनाते हैं विषय पर विचार व्यक्त किए उन्होंने लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए